मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों में आईसोलेशन केंद्रों के लिए प्रभावी व व्यवस्थित योजना तैयार करने के अधिकारियों को दिए निर्देश

और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए बनी मददगार

शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य सभी घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ स्थानीय जल स्त्रोतों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना है

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि लोगों को घरेलू नल कनैक्शन तीन स्तरों पर दिए जाएंगे

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से उभरने के बाद आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने के लिए अनेक गतिविधियां शुरू करने की कार्य योजना प्रस्तावित है जयराम ठाकर ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नई गतिविधियां शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है

उन्होंने आज शिमला में उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस को राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने से रोका जा सके जयराम ठाक्र ने ज़िले के भीतर मरीजों व किसानों की सुविधा के लिए आवाजाही की अनुमति देने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए लॉकडाउन किसान भरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जियालाल कपूर ने कांगड़ा सोलन और ऊना में फंसे भरमौर व पांगी के लोगों से कर्फ्यू पास के लिए ऑनलाईन आवेदन करने को कहा है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने लोगों की घर वापसी के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश भी जारी कर दिए है ताकि लोग अपने कृषि व बागवानी के कार्य समय पर पूरे कर सकें उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बार बार हो रही बर्फबारी और लॉकडाउन के कारण कई लोग कुल्लू में फंसे हुए है खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने के कार्य में बाधा आ रही है और घाटी में मटर सहित अन्य सब्जियों के बीजाई कार्य में भी विलम्ब हो रहा है पूर्व पंचायत समिति सदस्य अनिल सहगल ने कुल्लू में फंसे किसानों को अटल टनल के माध्यम से लाहौल घाटी पहुंचाने का सरकार से आग्रह किया है मास्क कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी बढ़चढ़ कर भाग ले रही है

उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि लोगों को ये मास्क पंचायती राज प्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सूती वस्त्र से तैयार किए जा रहे ये मास्क धोने के बाद भी उपयोग में लाए जा सकते हैं

अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है अध्यादेश में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने या संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है

प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर कहा कि इससे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लगाए गए कफ्यू के दौरान केंद्र सरकार द्वारा समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कांगड़ा जिला में धर्मशाला के किसान सुरेश कुमार और सुरेंद्र शर्मा को दो दो हजार रुपये अग्रिम किश्त के रूप में मिले हैं जिससे वे बीज व कीटनाशक दवाईयां खरीद सकेंगे उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है

मंत्रालय ने कहा है कि देश के कई इलाकों में मीडिया कर्मी समाचार संकलन करते समय वायरस की चपेट में आ गए हैं इसमें सभी मीडिया घरानों से बाहर और कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि कई किसान राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंदी में भूगतान के लिए बैंक शाखाओं तक आने में असमर्थ हैं इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि भुगतान में विलम्ब पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए और ब्याज छूट योजना मई महीने के अंत तक जारी रखी जाए केन्द्रीय बैंक ने लघु अवधि फसल ऋण सहित सभी ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया है

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है